केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कल दिल्ली में हुई बैठक में छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए वस्तु और सेवाकर छूट की सीमा दोग्रनी कर दी गई है यह सीमा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बीस लाख रुपये और देश के अन्य भागों के लिए चालीस लाख रुपये कर दी गई है परिषद ने जीएसटी कंपोजिशन योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यवसायियों को लाने का निर्णय किया है केंद्रीय अन्वेषण न्यूरो सीबीआई के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा ने सरकार सेवा से त्याग पत्र दे दिया है भारतीय पुलिस सेवा के एकमुट यानि अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम केंद्रीयशासित प्रदेश काडर के उन्नीस सौ उन्यासी बैच के अधिकारी वर्मा का कल सीबीआई के निदेशक पद से नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड में अग्रिशमन सेवा के महानिदेशक के पद पर तबादला कर दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ए के सीकरी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्ज़न खड़गे वाली उच्च शक्ति प्राप्त चयन समिति ने बहमत के निर्णय से कल उनका तबादला करने का फैसला लिया था बीस दिन बाद इकतीस जनवरी को वर्मा का कार्यकल समाप्त हो रहा है तिरप जिला उपायुक्त पी एन थोंगन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सी आर पी एफ की छत्तीसवीं बटालियन द्वारा नाग़रिक सेवा कार्यक्रम के तहत केमाई गांव में नवनिर्मित बस वेटिंग शेड का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि तिरप जिले के दूर दराज के गांवो में इस तरह के नागरिक सेवा कार्यक्रमो से सुरक्षा बलो और नागरिको के बीच संबंध मजबूत होंगे सीआरपीएफ की एक सौ अड़तीसवीं बटालियन द्वारा कल अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजों में नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजधानी क्षेत्र ईटानगर के राजकीय मीडिल स्कूल नीतिविहार में आज विभिन्न विभागों ने नागरिको को सेवाएं प्रदान की अधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस अवसर पर दो सौ सत्रह नए राशन कार्ड और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन फॉर्म जारी किया गया साठ लोगों ने आधार के लिए नामांकन कराया वही तेरह एसटी और पीआरसी जारी किया गया

इसके तहत चौदह हजार छह सौ अस्सी कर्मियों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मुख्यमंत्री अरुणाचल आरोग्य बीमा योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और जिला प्रशासन के संयुक्त अभियान में स्थानीय नागरिको की सक्रिय भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाड दिया है वरिष्ठ पश् अधिकारी डॉ जी पायिंग के नेतृत्व में राजधानी क्षेत्र ईटानगर के निरजूली में आवारा पशुओं के खिलाफ कार्रवाई की गई जिला प्रशासन के अनुसार अबतक दो सौ तैतीस पशुओं को इस अभियान के तहत पकड़ा गया है प्रशासन ने लोगों से अभियान में सहयोग करने और अपने पशुओं को खुला न छोड़ने की अपील की है भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बूते बहुमत हासिल करने के बावजूद सहयोगी दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाना पसंद करेगी यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियों कांफ्रेसिंग के जरिये तमिनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कही गठबंधन के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में श्री मोदी ने कहा कि एनडीए की मजबूती भाजपा की आस्था का मामला है उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन सरकार चलाकर एक नई संस्कृति की राह दिखाई थी और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आवाज दी थी उन्होंने कहा कि भाजपा स्वर्गीय वाजपेयी जी के बताये मार्ग का अनुसरण करेगी ताकि केंद्र और सभी राज्य समूचे राष्ट्र के विकास के लिए एकजूट होकर कार्य कर सके उन्होंने कहा कि भाजपा अपने पुराने सहयोगियों के लिए गठबंधन के दरवाजे खुले रखेगी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

आज का अधिकतम तापमान छब्बीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया